पिछले चार साल में दस करोड़ रसोई गैस कनेक्शन दिये गये

उन्होंने कहा कि यह योजना सामाजिक संशक्तिकरण में केन्द्रिय भूमिका निभा रही है

वहीं पिछले चार साल में दस करोड नये कनेक्शन दिए गए हैं जिससे गरीबों को फायदा पह ंचा है

श्रीमती राजे ने आज पाटन क्षेत्र के एक मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की बाद में श्रीमती राजे ने कुशलगढ में जन सुनवाई की और मेघावी छात्राओं को स्कूटी वितरित की इसके अलावा उन्होंने सज्जनगढ में उपखण्ड कार्यालय पुलिस थाना भवन और तहसील कार्यालय का लोकार्पण किया

इस दौरान पांच साल तक के बच्चों को ओआरएस घोल और जिंक की गोली घर घर जाकर दी जा रही है आशा सहयोगिनी के माध्यम से ये कार्य किया जा रहा है पखवाड़ा आयोजित करने का उददेश्य पांच साल से कम आयु के बच्चों में दस्त और कुपोषण के कारण होने वाली मृत्यु दर में कमी लाना है

सवाईमाधोपुर जिले के वेरना गाँव में आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने बच्चों को ओआरएस घोल के पैकेट वितरित किए झालावाड़ के शहरी स्वास्थ्य केन्द्र खंडिया पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बच्चों को ओआरएस घोल पिलाकर कार्यकम की शुरूआत की

अधिकरण ने निर्देश दिया कि पाली के जिला कलेक्टर मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट का अध्यययन कर प्रदूषण की स्थिति का जायजा लेकर दस जून तक का योजना पेश करें

आज जयपूर में सामान्य प्रशासन मंत्री हेमसिंह भडाना ने कहा कि केन्द्र सरकॉर ने आम आदमी के लिए अनेक कार्यकम शुरू किए हैं वहीं खाद्य मंत्री बाबूलाल वर्मा ने कहा कि चार वर्ष में देश ने हर क्षेत्र में काफी प्रगति की है

इस अवसर पर उन्होंने दरगाह पर चादर तथा अकीदत की फूल पेश कर देश की उन्नति और विकास की कामना की

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार के पास संसाधनों की कमी नहीं है लेकिन इच्छा शक्ति के अभाव में लोग पीने के पानी को भी तरस रहे हैं

प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा सहित पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं ने सावरकर के चित्र पर प्रष्प अर्पित कर उन्हें याद किया

घायलों को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है